प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अफवाहों को रोकने में लोक प्रसारक आकाशवाणी की विशेष भूमिका है नई दिल्ली में रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले रेडियो जॉकीज के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत में श्री मोदी ने उनसे अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए कार्य करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि रेडियो जॉकीज को विशेषज्ञों के विचारों और सूचनाओं के प्रसार के साथ साथ सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों की जानकारी अपने श्रोताओं तक पहुंचानी चाहिए श्री मोदी ने कहा कि आम लोगों द्वारा महसूस की जाने वाली परेशानियों और चूनौतियों के बारे में लोगों के फीडबैक से सरकार को अवगत कराना चाहिए ताकि इनके समाधान के लिए तत्काल कदम उठाये जा सकें प्रधानमंत्री ने कोविड नाईनटीन महामारी की रोकथाम में रेडियो जॉकीज की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी ये लोग अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और घर ही से कार्यक्रमों की रिकॉडिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार ने गरीबों और उपेक्षित लोगों की मदद के लिए अनेक उपायों की घोषणा की है और इनके बारे में सूचना आम लोगों तक सही तरीके से और समय पर पहुंचनी चाहिए देश में कोविड नाईनटीन से संक्रमित लोगों की संख्या सात सौ अड़तालीस हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आकंड़ों के अनुसार सड़सठ मरीजों को ईलाज के बाद छूट्टी दे दी गई है देश में इस संक्रमण से अब तक उन्नीस लोगों की मौत हुई है इधर बिहार में कोविड नाईनटीन के मरीजों की संख्या बढ़कर नौ हो गयी है पिछले चौबीस घंटे में दो नये मरीजों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है जो पटना और सीवान जिले के हैं इन दोनों को पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कोविड नाईनटीन के फैलाव को रोकने के लिए एक लाख चालीस हजार कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत दी है श्री अग्रवाल ने इस बात की पुष्टि की कि सरकार ने दस हजार वेंटिलेटर की खरीद के आदेश दिए हैं

सरकार देश में वेन्टीलेटर्स की उपलब्धता बढ़ाने के लिये सभी रिक्वायर्ड कार्य कर रही है संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि राज्यों को कोविड नाईनटीन से निपटने के लिए आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो इसके लिए एक कार्यदल भी बनाया गया है

राज्यों में इस तरह की किसी लॉजिस्टिक्स की कोई कमी ना हो इस चीज को सुनिश्चित करने के लिये नेशनल लेवल पर एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है और इस टास्क फोर्स में सचिव नागरिक उड्डयन मंत्रालय सचिव फार्मा सचिव टैक्सटाइल्स उपभोक्ता मामले जहाज रेलवे बोर्ड और रिपर्जेन्टेटिव्स ऑफ डिपार्टमेन्ट ऑफ मिलेटरी और मिनिस्ट्री और होम अफेयर्स भी शामिल हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोविड नाईनटीन वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें

खुद को सुरक्षित रखने के लिये लोगों को सामाजिक दूरी से सम्बन्धित नियमों को सख्ती से पालन करना चाहिये और इकट्ठा होने से बचना चाहिये इस दोरान समी अपने घरों में रहें और सिर्फ जरूरी चीजों के लिये ही बाहर निकलें लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचें बार बार अपने हाथों को साबुन और एल्कोहल आधारित हैंड सैनेटाइजर से साफ करते रहें

यदि किसी व्यक्ति को खांसी या बुखार है तो वह दूसरे के सम्पर्क में आने से बचे और डॉक्टर से सलाह ले

हम साथ मिलकर इस वायरस से लड़ सकते हैं जरूरत है एहतियात बरतने की और खुद को सुरक्षित रखने की

राज्य सरकार कोरोना वायरस उन्मूलन के लिये स्पेशल कोष बनायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुयी उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया इस कोष में प्रदेश के सभी विधायकों की योजना फंड से पचास पचास लाख की राशि ली जायेगी विधायकों की राय से यह राशि बढ़ भी सकती है इस राशि से मास्क दवा उपकरण और पीपीइ किट की खरीद की जा सकेगी इधर राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग को कोरोना संक्रमण से निपटने के लिये नोडल विभाग बनाया गया है राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुये प्रदेश के सभी पचपन अनुमंडल अस्पतालों में कोरोना मरीजों के आईसोलेशन वार्ड बनाने का निर्णय लिया है अब इन अस्पतालों में समान्य मरीजों का इलाज नहीं किया जायेगा वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिये स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी चलते रहेंगे जहां गर्भवती महिलाओं और सर्दी खांसी जैसे मरीजों की जांच हो सकेगी प्रदेश के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पाण्डेय ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी करने वालों पर गुण्डा एक्ट लगाया जायेगा उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी साथ ही स्पीडी ट्रायल के जरीये जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने वालों को सजा दिलायी जायेगी पुलिस महानिदेशक ने कहा कि राज्य के सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों पर सामूहिक पूजा नहीं होने दी जायेगी उन्होंने रामनवमी हनुमान जयंती को लेकर जुलुस नहीं निकालने का निर्देश दिया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हये देशभर में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिये होने वाली नीट और जेईई की परीक्षायें स्थगित कर दी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के महानिदेशक विनित जोशी ने कहा कि नई तिथि की घोषणा हालात की समीक्षा करने के बाद किया जायेगा इधर नवोदय विद्यालय परीक्षा समिति ने ग्यारह अप्रैल को होने वाली प्रवेश परीक्षा को लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दिया है कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी की भुगतान के लिये चार हजार चार सौ इकतीस करोड़ रूपये जारी कर दिये हैं आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार रोजगार गांरटी योजना के तहत सभी बकायों का दस अप्रैल तक भुगतान कर दिया जायेगा चैती छठ के चार दिनों का अनुष्ठान आज नहाय खाय से शुरू हो रहा है रविवार को खड़ना सोमवार को पहला अर्घ्य वहीं मंगलवार सुबह के अर्घ्य अर्पित करने के साथ चैती छठ का महानुष्ठान संपन्न होगा कोरोना वायरस को लेकर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण इस बार व्रत करने वालों की संख्या कम होगी इधर वासंतिक नवरात्र के चौथे दिन मां कूष्माण्डा की उपासना की जा रही है राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चौती छठ के मौके पर राज्यवासियों को बधाई और शुभकामनायें दी हैं पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय होने के कारण पटना सहित राज्य के कई क्षेत्रों में आज बारिश की संभावना है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुये कहा है कि चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनने के कारण आंधी और बारिश होगी उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार को छोड़कर कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी संभावना है प्रदेश में मार्च महीने में बेमौसम बारिश आंधी और ओलावृष्टि से हुयी फसलों की फसलों के क्षति की भरपाई की प्रक्रिया शुरू हो गयी है आज से प्रदेश के तेईस जिलों में हुये नुकसान की भरपाई के लिये ऑनलाइन आवेदन लिये जायेंगे किसान अठारह अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि फसलो की क्षति की भरपाई के लिये पांच सौ अठारह करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी गयी है अनुदान की राशि केंद्रीय मानकों के अनुरूप किसानों के खाते में दी जायेगी कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच मुजफ्फरपुर में संदिग्ध ब्रुखार एईएस से पीड़ित एक बच्चे को एसकेएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को रोकने के लिये अररिया जिले में प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है जिलाधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि बीते कुछ दिनों में देश के अन्य प्रदेशों और विदेशों से लौटने वाले एक हजार चार सौ अड़तालीस लोगों को होम क्वारेंटाइन में रखा गया है मुजफ्फरपुर जिले में दूसरे राज्यों से आये लोगों को भी क्वारेंटाइन किया जा रहा है भागलपुर के जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ग्यारह संदिग्ध कोरोना मरीजों का सैंपल लिया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां राज्य सरकार की ओर से कोरोना वायरस के उन्मूलन के लिये स्पेशल कोष के गठन की खबर सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है प्रभात खबर लिखता है कोरोना से जीतेंगे जंग सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में लिया गया फैसला बना कोरोना कोष सभी विधायकों व विधान पार्षद के फंड से लिये जायेंगे पचास पचास लाख दैनिक भास्कर की सुर्खी है हर विधायक अपने फंड से देंगे पचास लाख जिससे खरीदे जाएंगे पीपीई मास्क दवा दैनिक जागरण ने लिखा है राशन कार्डधारियों को अगले तीन महीने मुफ्त मिलेगा अनाज कोरोना संकट के बीच रेपो रेट की खबर को हिन्दुस्तान प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखता है कर्ज सस्ता ईएमआई तीन महीने टली आज और राष्ट्रीय सहारा समेत अन्य सभी समाचार पत्रों ने लॉकडाउन के दौरान बरती जा रही सख्ती से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है